उच्चतम न्यायालय ने गूर्जर समेत पांच जातियों को पांच फीसदी आरक्षण देने के राज्य सरकार के आदेश पर रोक लगाने से किया इन्कार

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल दो स्थानों पर चुनाव रैली की श्री गहलोत ने जोधपुर के जांबा में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि विष्नोई समाज को केंद्र में आरक्षण दिलाने के लिए वे प्रयास करेंगे उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में पार्टियों को अपने कार्यक्रम और नीति जनता के सामने रखनी चाहिए और इसके बाद जनता अपना निर्णय देती है

इससे पहले मुख्यमंत्री अषोक गहलोत उप मुख्यमंत्री सचिन पालयट और कॉंग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने पाली में भी एक जनसभा को संबोधित किया उधर आज पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अजमेर के एक दिन के दौरे पर रहेगी श्रीमती राजे अजमेर संसदीय सीट से भाजपा के प्रत्याशी भागीरथ चौधरी के नामांकन दाखिल करने के बाद विजयलक्ष्मी पार्क में जनसभा को संबोधित करेगी इस मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद भूपेंद्र सिंह यादव भी उपस्थित रहेंगे

इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा एक राष्ट्रवादी विचारधारा वाली पार्टी है इसका हर कार्यकर्ता राष्ट्र निर्माण के लिये काम करता है कर्नल राठौड ने कहा कि पिछले पांच सालों में जयपुर ग्रामीण क्षेत्र ने काफी विकास किया है

सोमवार तक नाम वापस लिए जा सकते हैं

विभिन्न सीटों पर कल आठ प्रत्याषियों ने पर्चे दाखिल किये पाली से कांग्रेस के बद्रीराम उदयपुर से बहुजन समाज पार्टी के कस लाल मीणा और चित्तौडगढ सीट से सीपीआई के ओमप्रकाष ने नामांकन पत्र दाखिल किये इसी प्रकार पाली से गणपत सिंह राजपुरोहित जोधपुर सीट से तसलीम बाडमेर से मेवाराम और जालोर से पुराराम ने निर्दलीय प्रत्याषी के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया

इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भाजपा के अध्यक्ष अमित शाह संकल्प पत्र समिति के मुखिया और गृह मंत्री राजनाथ सिंह वित्त मंत्री अरुण जेटली मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित कई नेता मौजूद रहेंगे

श्री भाटी ने कुछ दिन पूर्व बीकानेर संसदीय क्षेत्र से अर्जुन राम मेघवाल को प्रत्याशी बनाये जाने का विरोध करते हुए त्यागपत्र दे दिया था

बैठक में हनुमानगढ श्रीगंगानगर च्रू और बीकानेर के जिला कलेक्टरों पुलिस अधीक्षकों और अन्य अधिकारियों ने भाग लिया और अपने अपने जिलों की चुनाव तैयारियों का ब्यौरा दिया श्री कुमार ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सम्पन्न कराने और आदर्श आचार संहिता की कडाई से पालना कराने के निर्देश दिए

इसमें जयपुर के कनिष्क कटारिया ने परीक्षा में टॉप किया है वहीं दूसरे स्थान पर जयपुर के अक्षत जैन ने जगह बनाई है चौथे नम्बर पर अजमेर के किशनगढ निवासी श्रेयांस कुमठ और छठे स्थान पर सीकर जिले के नीमकाथाना के श्भम ग्रप्ता रहे

लडकियों में भोपाल की सृष्टि जयंत देशमुख अव्वल रही है टॉप दस में से चार अभ्यर्थी राजस्थान से है इनमें तीन जयपुर के शामिल है

आयोग के सचिव ने बताया कि अभ्यर्थी कमेटी के पास आकर अपनी परेशानियां बता सकते हैं आयोग की भर्तियों से जुड़े कई मामले अदालतों में विचाराधीन होने के कारण परिणामों में विलम्ब हो रहा है

मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि मामला राजस्थान उच्च न्यायालय में लंबित है और वे उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश में दखल नहीं दे सकते

इसके साथ ही चैत्र नवरात्र की भी शुरूआत हुई

आज मंदिरों और घरों में घट स्थापना की जायेगी राजधानी जयपुर के आमेर महल स्थित शिला माता मंदिर में भी घट स्थापना होगी नवरात्र के दौरान मंदिर में श्रद्दालुओं की भीड को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के विशेष इंतजाम किये है बांसवाडा से हमारे संवाददाता ने बताया कि शक्तिपीठ मां त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में आज दोपहर को घट स्थापना होगी

करौली जिले के कैला देवी मेले में लगातार श्रद्धालुओं की भीड उमड रही है उधर राज्यपाल कल्याण सिंह और विधानसभा अध्यक्ष डॉ सी पी जोशी ने नव संवत्सर और नवरात्र स्थापना के अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई दी है

राजधानी जयपुर में शाम को तेज आंधी चलने के बाद ब्रंदाबांदी हुई वहीं टोंक सवाईमाधोपुर और नागौर में दिनभर तेज गर्मी और धूप के बाद आंधी चली और हल्की बारिश हुई